और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण गर्मी तथा लू का प्रकोप जारी

चेन्नई स्थित टेक्नॉक्रेट समूह द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बड़ी पीठ ने इस मामले की पहले ही सुनवाई कर आदेश दे दिया है पीठ ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिला प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सामने यह मांग रखी है कि मतगणना के दौरान पहले ईवीएम का मिलान वीवीपैट से कराया जाए और उसके बाद ही मतगणना शुरू की जाए विपक्षी दलों ने ये भी मांग रखी है कि गड़बड़ी पाये जाने पर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों के ईवीएम का मिलान वीवीपैट से कराया जाए प्रतिनिधिमण्डल में कांग्रेस तेलगूदेशम पार्टी वामदल बहुजन समाज पार्टी तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हुए इधर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ न हो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा है कि सत्तापक्ष इससे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉफ़ेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि अगर चुनाव परिणाम में किसी तरह की गड़बड़ी की गयी तो जनता सड़कों पर उतर आयेगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं यह बैठक नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हो रही है इसका आयोजन राष्ट्र सेवा के लिए मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निर्मला सीतारामन राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ स्मृति ईरानी और रामविलास पासवान समेत अनेक मंत्री भाग ले रहे हैं जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और लोकजनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान भी बैठक में उपस्थित हैं बैठक के बाद एनडीए के नेता रात्रि भोज पर भी बैठक करेंगे इस बैठक में वे आम चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर रणनीति भी तय की जायेगी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि केन्द्र में फिर से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी श्री कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस सरकार में जदयू भी शामिल होगी उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बेवजह ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं श्री कुमार ने कहा कि विपक्ष जब हारने लगता है तो कई प्रकार की मनगढ़ंत बातें करता है निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी चालीस संसदीय क्षेत्रों में मतगणना के लिए व्यापक तैयारी की है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि तेईस मई को सुबह आठ बजे काउंटिंग शुरू होगी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जायेगी उसके बाद विधानसभा बार ईवीएम की गिनती शुरू हो जायेगी मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी जिसे उम्मीदवार भी देख सकते हैं इधर आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठाये जा रहे सवालों को खारिज कर दिया है आयोग ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा चाक चौबंद है और इस मामले पर प्रशासन पर किसी प्रकार का शक निराधार है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा चुनाव के सटीक और ताजा परिणाम उपलब्ध कराने के लिये व्यापक प्रबंध किये हैं

इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का कार्य शुरू हो गया है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि अठाईस मई है अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और उम्मीदवार इकतीस मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं वोटों की गिनती सात जून को होगी भाजपा के एमएलसी सूरज नंदन कुशवाहा और राजद के सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसीन के निधन के कारण इन सीटों पर उप चूनाव कराया जा रहा है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है सुबह से ही तेज पछुआ हवा के कारण जनजीवन प्रभावित है सड़कों पर अपेक्षाकृत कम लोग निकल रहे हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया और डेहरी राज्य के सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और अगले एक दो दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है वहीं बिहार से ओड़िशा तक टर्फ लाइन बनने के कारण राज्य के उत्तर मध्य उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर आज से अगले चार दिनों तक आंधी पानी की संभावना है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प में कई छात्र घायल हो गये विश्वविद्यालय से जुड़े कई छात्र संगठन छात्र संघ अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे इसी बीच पुलिस के साथ झड़प के बाद पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटे आयी हैं परिसर में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पृथ्वी नगर में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से छह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि सीएसपी कर्मी की मोटरसाईकिल की डिक्की तोड़कर अपराधियों ने रूपये लूट लिये मामले की छानबीन जारी है पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की अभियुक्त गृह रक्षा प्रहरी लक्ष्मी देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी राज्य महिला आयोग की जांच के दौरान यौन उत्पीड़न मामले में लक्ष्मी देवी की भूमिका साबित हुई थी राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अठाईसवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ इक्यानवे में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बद्र में आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी यह दिन आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है इस अवसर पर पटना में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी लखीसराय जिले के कजरा और किऊल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू लदे चालीस ट्रकों को जब्त कर लिया बेगूसराय और किशनगंज जिले से उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है बिहार सरकार ने राज्य में सभी तरह की आधिकारिक स्तर की बैठक वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कराने का आदेश दिया है

इस आदेश के अमल में आने से कनिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बार बार वरीय अधिकारियों के कार्यालय में नहीं जाना होगा और इससे उनके समय की बचत होगी